आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि यह गर्व की बात है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बना टीका देश की आत्मनिर्भरता और आत्म गौरव का प्रतीक है श्री मोदी ने कहा कि उन्हें कई देशों के राष्ट्रपतियों और प्रधानमंत्रियों से ऐसे संदेश मिलते हैं जिनमें इसके लिए भारत की प्रशंसा की जाती है प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत अपने साथ साथ द्रनिया की भी जरूरतें पूरी करने में सक्षम हो रहा है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब देश में असाधारण कार्य कर रहे आम लोगों को पद्म प्रस्कारों से सम्मानित किया जा रहा है

उन्होंने कहा कि यह हमारे उन महानायकों से ज्डी सभी जगहों का पता लगाने का बेहतरीन समय है जिनकी वजह से हमें आजादी मिली प्रधानमंत्री ने महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भारत की उन चार महिलाओं का उल्लेख किया जिन्होंने अमरीका के सेन फ्रांसस्किों से बेंगल्रू तक की सीधी उडान की कमान संभाली प्रधानमंत्री ने द्नियाभर में भारत के सांसकृतिक स्गंध का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर बसे चिली की राजधानी सांतियागो में तीस से अधिक योग विद्यालय हैं वहां चार नवम्बर को राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया है श्री मोदी ने अरूणाचल प्रदेश में बनाए जा रहे कागज का उल्लेख करते हुए कहा कि यह पर्यावरण के लिए भी स्रक्षित है

सिनेमा हॉलों के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया के बारे में सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने बताया कि सिनेमा थियेटर और मल्टीप्लेक्स को सौ प्रतिशत सीटों के साथ संचालन की अन्मति दी गई है मंत्रालय ने बताया कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अपने अपने आकलन के अन्सार अतिरिक्त उपाय करने पर विचार कर सकते हैं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि महामारी के बाद सामान्य स्थिति की ओर लौटने की दिशा में यह राहत एक महत्वपूर्ण कदम है इधर राज्यभर के विद्यालयों में कल एक फरवरी से कक्षा एक से लेकर सात तक की पढ़ाई श्रु हो जाएगी राज्य सरकार ने सभी विद्यालयों को कोविड दिशानिर्देशों का पालन करते हए शिक्षण कार्य स्चारु रुप से चलाने का निर्देश दिया है

इस सड़क की लंबाई छह किलोमीटर से अधिक है जिसमें से एक दशमलव पांच किलोमीटर सीमेंट कंक्रीट रोड है इस अवसर पर फ्रपा सेंरिंग ने बताया कि इस रिंग रोड के बाकी बचे काम को त्वरित गति से पूरा करने के लिए आवश्यक धन राशि जारी कर दी गई है

राज्य के स्वास्थ्य सेवा निदेशक डॉ एम लेगो ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नाहरलग्न स्थित परिसर में बच्चों को पोलियों की ख्राक पिलाकर इस अभियान की श्रआत की डॉ लेगो ने लोगों से अपील की कि वे अपने घर के पांच वर्ष तक की उम्र के बच्चों को पोलियों की ख्राक पिलवाकर इस टीकाकरण अभियान को सफल बनाएं

राज्यसभा की सुचारु कार्यवाही को सुनिश्चित करने के लिए राजनीतिक दलों का सहयोग मांगने के वास्ते यह बैठक बुलाई गई थी श्री नायड् ने विभिन्न दलों के नेताओं ने भरोसा दिलाया कि सभी तरह की बहस और विचार विमर्श में प्री भागीदारी रहेगी इस बैठक में कई मंत्रियों और विभिन्न दलों के पचीस नेताओं ने भाग लिया बैठक में यह निर्णय लिया गया कि बजट सत्र के पहले भाग के अंतिम दिन इस महीने की पंद्रह तारीख की बजाय सदन की कार्यवाही तेरह तारीख को स्थगित हो जायेगी ताकि विभागों से संबद्ध संसदीय समितियां विभिन्न विभागों और मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों की जांच कर सके